पुणे के पास विशाल मीटर वेव दूरबीन लगाई गई है और कोडईकनाल उदगमंडलम गुरु शिखर और लद्दाख के हानले में भी शक्तिशाली दूरबीनें स्थापित की गई है

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सी आर पी एफ दुनिया का सबसे बहादुर सशस्त्र बल है आज नई दिल्ली में सी आर पी एफ महानिदेशालय भवन का शिलान्यास समारोह में उन्होंने कहा कि इतिहास बल के बहादुरी के किस्सों को याद रखेगा उन्होंने कहा कि पंजाब और त्रिपुरा को पटरी पर लाने में सी आर पी एफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है श्री शाह ने बल के जवानों से कहा कि देश कि रक्षा करें सरकार उनके परिवार की रक्षा करेगी उन्होंने कहा कि सी अर पी एफ में पैतीस हजार नये पदों का सृजन किया गया है श्री शाह ने कहा कि यह भवन बनने से बल के कार्यों को गति मिलेगी

राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उंराव और झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आलमगीर आलम तथा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सत्यानंद भोक्ता ने भी कैबिनेट मंत्री के रुप में शपथ ली

अपने संबोधन में श्री मोयोंग ने यूवाओं से स्वास्थ्य का खयाल रखते हुए नशे का सेवन न करने की अपील की विधायक कालिंग ने स्थानीय लोगों से अफिम भांग जैसे नशीले पदार्थों की खेती न करने की अपील करते हुए वैकल्पिक खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया उन्होंने यूवाओं से पढ़ाई पर ध्यान देने और राज्य की एस एस बी परीक्षा में सफलता हासिल करने का आह्वान किया इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी कालिंग दाई ने कहा कि ईस्ट सियांग में नशे की लत एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है उन्होंने उम्मीद जताई की दस बिस्तरों के क्षमता के इस नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना से प्रभावित लोओं को लाभ होगा